राज्य के राशन कार्डघारी गरीब परिवारों को जून माह में एक किलो अरहर दाल निःशुल्क दी जाएगी

भारत चीन झड़प जवान शहीद भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में सोमवार की रात हुई झड़प में भारतीय सेना के जो बीस जवान शहीद हुए हैं उनमें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का एक युवक भी शामिल है चारामा ब्लॉक के कुर्रटोला ग्राम पंचायत के आश्रित गांव गिधाली का रहने वाला जवान गणेश कूंजाम वर्ष दो हजार ग्यारह में सेना में शामिल हुआ था एक माह पहले ही उसकी तैनाती भारत चीन सीमा पर हई थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़पों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा उन्होंने कहा कि जो कोई भारत की सम्प्रभूता और अखंडता के साथ छेडछाड का प्रयास करेगा उसे मृंहतोड जवाब दिया जाएगा इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हए जवानों को श्रद्दांजलि अर्पित की है उन्होंने कहा है कि हम सबको अपने बहाद्र जवानों पर गर्व है देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरा देश एकजुट है उन्होंने छत्तीसगढ़ के शहीद जवान गणेश कूंजाम के परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की है कांकेर जिले का शहीद जवान गणेश कुंजाम अपने माता पिता का इकलौता बेटा था उसकी दो बहनें हैं उसके चाचा तिहारूराम कंजाम ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि गणेश की मौत का उसके परिवार और गांव वालों को बहुत दुख है लेकिन इस बात का गर्व भी है कि उसने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय सलाह केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कोरोना वायरस के उपचार के लिए बिस्तरों की उपलब्यता और स्वास्थ्य देखमाल सुविधाएं बढ़ाने के लिए निजी स्वास्थ्य केन्द्रों से बातचीत करने को कहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों से कहा गया है कि रोगियों से उपचार के लिए उचित और पारदर्शी तरीके से शल्क लेना सुनिश्चित किया जाए इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित कई लोग इसके लक्षणों को छिपा रहे हैं और इलाज से कतरा रहे हैं जिससे इस महामारी से निपटना मुश्किल हो रहा है मंत्रालय ने कहा है कि अफवाहों और भ्रमित करने वाली जानकारी के कारण कोरोना संक्रमण से बचाव में रूकावटें आ सकती हैं पर्याप्त जानकारी के अमाव रोग के डर और गुमराह करने वाली जानकारी के कारण संक्रमित लोगों उनके परिवारों क्वारंटीन हुए लोगों और डॉक्टरों नर्सों अन्य चिकित्साकर्मियों प्रवासी कामगारों और संक्रमण मुक्त हए लोगों को सामाजिक लांछन का सामना करना पड रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि एहतियात के बावजूद यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित रोगी के संपर्क में आता है तो यह उसकी गलती नहीं है इसलिए उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाना चाहिए प्रधानमंत्री योग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की इक्कीस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करेंगे उनका यह संबोधन सबह साढे छह बजे दरदर्शन और अन्य डिजिटल मंचों पर देखा जा सकेगा प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा सुबह सात बजे से सात बजकर पैंतालीस भिनट तक योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाएगा इसके बाद सबह आठ बजे तक योग विशेषज्ञ के साथ चर्चा होगी इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि लोग घरों में ही अपने परिजनों के साथ योग करें प्रसार भारती ने इस महीने की ग्यारह तारीख से अपने डीडी भारती चैनल पर प्रतिदिन सुबह आठ बजे से साढे आठ बजे तक योग का कार्यक्रम शरू किया है आयष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा शीर्षक से वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता भी शुरू की ँहै जिसमें भाग लेने वालों को अपनी योग क्रियाओं के वीडियो क्लिप मेजने होंगे भाजपा वीडियो कॉन्फ्रें सिंग सभा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा प्रदेशमर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समा आयोजित की जा रही हैं आज चौथे दिन रायपुर स्थित कृशाभाऊ ठाकरे स्मृति परिसर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कोरबा जिले के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्णय और योजनाओं से समाज की अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति का विकास हो रहा है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय अखंडता स्वाभिमान और सामाजिक अवधारणा को मजबूत किया है उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था को संभालने समानता की और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में केन्द्र सरकार आगे बढ़ रही है सुश्री पांडेय ने छत्तीसगढ सरकार पर संघीय व्यवस्था का पालन नहीं करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी मोर्च पर ईमानदारी से काम नहीं कर रही है कार्यक्रम में जशपूर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार स्वर्णिम भारत के निर्माण की ओर अग्रसर है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से बीते छह वर्षों के दौरान भारत का विश्व मंच पर मान सम्मान बढा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभाओं के दौरान भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्दांजलि अर्पित की गई वन विमाग बैठक प्रदेश में राष्ट्रीयकृत वनोपजों को छोड़कर अन्य लघु वनोपजों के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में आज वन विमाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया इस मौके पर वन्यप्राणियों के उपचार के लिए दो अत्याध्रनिक और सर्व सुविधायुक्त अस्पताल विकसित करने के साथ ही मैदानी अमलों पर नियंत्रण के लिए वन विभाग द्वारा मोबाइल ऐप तैयार करने का भी निर्णय लिया गया मोबाइल ऐप के माध्यम से वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड से लेकर उच्च स्तर के सभी अधिकारियों की निगरानी की जाएगी इससे वन प्रबंधन और वन्यप्राणियों के संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे इसी तरह मुख्यमंत्री ने राज्य में वन्यप्राणियों और हाथियों के दल की सतत् निगरानी के लिए सभी प्रभावित वनमंडलों में दस दस लोगों का चयन कर टीम बनाने के निर्देश दिए बैठक में पश चिकित्सा विभाग में कार्यरत् चिकित्सकों को वन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लेने का फैसला भी लिया गया

इस बीच खबर भिली है कि राजनांदगांव के एक युवक जिसकी मृत्यु दो दिन पहले हुई थी उसकी रिपोर्ट पॉजीटिव आई है महासमुंद जिले में बीते चौबीस घंटों के दौरान चार नए मरीज मिले हैं वहीं रायगढ़ जिले में ओडिशा सीमा को बहत्तर घंटे के लिए सील कर दिया गया है इस सीमा पर रूजिदा गांव भें एक युवक कोरोना पॉजीटिव मिला है पीडीएस दाल राज्य सरकार ने प्रदेश के राशन कार्डधारी गरीब परिवारों को जून माह में एक किलो निःशुल्क अरहर दाल देने का निर्णय लिया है

खाद्य विमाग द्वारा जारी ऑदेश के अनुसार अनुसूचित विकासखंडों और मांडा क्षेत्र में पांच रूपये प्रति किलो की दर से एक किलोग्राम चना दिया जा रहा है वहीं अब एक किलो अरहर दाल मुफ्त दी जाएगी इस बीच खाद्य विभाग ने लॉकडाउन के दौरान बीते तेईस मार्च से पंद्रह जून तक प्रदेश में तिहत्तर हजार से अधिक नये राशन कार्ड जारी किए हैं रोका छेका संकल्प अभियान राज्य सरकार प्रदेश में फसलों और पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए आगामी उन्नीस जून से रोका छेका संकल्प अभियान की शुरूआत करने जा रही है अभियान के पहले दिन पशुपालकों से अपने आसपास के वातावरण और शहर को साफ सथरा तथा दर्घटनामक्त रखने के लिए संकल्प पत्र भरवाया जाएगा इसके लिए नगरीय निकायों में मुनादी कराकर व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने की तैयारी की गई है इसके अलावा खूले में पशुओं की चराई पर रोक लगाने के साथ ही सड़कों पर घ्रमने वाले मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा इस अभियान का उद्देश्य मवेशियों से खरीफ फसलों और शहरों के आसपास स्थित फसलों बाड़ियों तथा बाग बगीचों की सुरक्षा करना है यह अभियान तीस जून तक चलेगा यदि कोई मवेशी तीस जून के बाद निकाय क्षेत्र में अनियंत्रित खूले में घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा सामुदायिक शौचालय अभियान प्रवासी श्रमिकों को स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक शौचालय अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत प्रदेश के गांवों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है यह अभियान पंद्रह जून से शुरू हो गया है जो आगामी पंद्रह सितंबर तक चलेगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इसके लिए राज्यों को मागदर्शिका जारी कर दी है अभियान समाप्त होने को बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों विकासखंडों और ग्राम पंचायतों को आगामी दो अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा टिड़डी दल मध्यप्रदेश से होकर राजनांदगांव जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले टिड्डी दल को आज जिले से बाहर खदेड़ दिया गया है मिली जानकारी के अनुसार बीती रात टिडिडयों का यह दल मध्यप्रदेश के लांजी से होते हुए जिले के साल्हेवारा में प्रवेश कर गया था कल शाम तक पहांडी क्षेत्र में मंडराने के बाद इस दल ने वहीं डेरा जमा लिया था सूचना भिलने के बाद कृषि और वन विभाग की टीम ने इस टिड्डी दल को भगाने के लिए चौतरफा घेराबंदी की जिसके बाद पटाखें फोड़कर और कीटनाशक की सहायता से टिडि़डयों को जिले से बाहर खदेड दिया गया इस बीच खबर मिली है कि टिडिंडयों का दल कोरिया जिले में भरतपुर विकासखंड के शिवटोला में पहुंच गया है टिडिडयों के इस दल से निपटने क लिए जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम ने उपाय शुरू कर दिए हैं हाथी मौत कार्रवाई रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल में हाथी की मौत के मामले में पांच व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतर्वेदी ने बताया कि गेरसा गांव में बिजली करंट की चपेट में आने से कल एक हाथी की मौत हो गई थी जांच के बाद बिजली का अवैध कनेक्शन लगाने वाले दो किसानों और साक्ष्य मिटाने के आरोप में विद्यत विमाग के सब इंजीनियर सहित दो अन्य कर्भियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया गौरतलब है कि प्रदेश में बीते एक हफ्ते के दौरान अलग अलग घटनाओं में पांच हाथियों की मौत हो चुकी है सूरजपुर और बलरामपुर में तीन मादा हाथियों की मौत हई थी वहीं कल धमतरी जिले के गंगरेल डूबान क्षेत्र में हाथी के एक बच्चे की दलदल में फंसने से मौत हो गई थी

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पावड़ा के पास हाल ही में एक महिला की मौत हुई थी रीति रिवाज के अनुसार मृतका के परिवारजनों ने गांव में मृत्युभोज का आयोजन किया था बताया जाता है कि बासी भोजन खाने के बाद करीब बीस ग्रामीणों ने उल्टी दस्त की शिकायत की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर उल्टी दस्त से प्रभावित ग्रामीणों का उपचार किया जा रहा है स्पंदन अभियान प्रदेशमर में चलाए जा रहे स्पंदन अभियान के तहत आज बिलासपुर में पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा ने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ के जवानों की समस्याए सुनी इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मी अपनी परेशानी अपने भीतर न रखें बल्कि उसे दूसरे कर्भियों या अपने परिवारजनों से साझा करे तभी उसका हल निकलेगा श्री काबरा ने सीएएफ के जवानों को योगा और मेडिटेशन करने की सलाह दी उन्होंने जवानों से स्वच्छता बनाए रखने के साथ ही पौष्टिक भोजन करने की बात भी कही गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कर्मियों को मानसिक तनाव और अवसाद से बचाने के लिए परामर्श सत्र संगीत और योग थैरेपी जैसे उपाय करने के उद्देश्य से स्पंदन अभियान की शुरूआत की है इथेनॉल प्लांट प्रदेश के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है पीपीपी मॉडल के आधार पर स्थापित होने वाले इस संयंत्र के लिए सबसे अधिक राशि की बोली लगाने वाले निवेशक को मापदंडों की पूर्ति करने पर चयनित किया जाएगा रिक्वेस्ट फॉर क्वालीफिकेशन आरएफक्यू के लिए बिड जमा करने की अंतिम तिथि तीस जुन रखी गई है गौरतलब है कि कबीरधाम जिले में स्थित मोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना से संबद्ध गन्ना उत्पादक किसानों के हित में एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है इसके लिए बीते चार जून को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था वहीं कल सोलह जून को रायपुर में प्री बिड कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया गोंचा पर्व बस्तर में मनाए जाने वाले परंपरागत् गोंचा महापर्व के आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने सशर्त अनुमति दे दी है मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्वालुओं को मास्क लगाना आवश्यक होगा साथ ही श्रद्वालुगण एक दूसर्रे के बीच शारीरिक दूरी का पालन करेंगे इसके अलावा श्रद्वाल अपने जूते चप्पल जूता स्टैंड या फिर अपने वाहन में ही रखेंगे मंदिर में भक्तजन साबुन से पैर धोने और हाथों को सैनिटाईज करने के बाद ही प्रवेश कर सकेंगे सर्दी खांसी या बुखार होने पर श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा मौसम प्रदेश के बलरामपुर जिले में बीते दस घंटों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है नदी नाले उफान पर हैं साथ ही राजपुर प्रतापपुर मार्ग भी बाधित हुआ है घरघोड़ा नाले के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं इधर सरगुजा संभाग में अधिकांश जलाशयों के जल्द ही लबालब होने के आसार हैं जिसके चलते बांध और जलाशयों के आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है इस बीच मौसम विमाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है साथ ही उत्तर और मध्य भाग में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है संक्षिप्त समाचार केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट स्थगित किए जाने संबंधी परामर्श जारी करने से इंकार किया है पत्र सूचना कार्यालय ने आज बताया कि ऐसा कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है छात्रों से कहा गया है कि वे केवल प्रामाणिक स्रोत से ही जानकारी हासिल करें दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने माओवादियों के आत्मसमर्पण के लिए नई रणनीति बनाई है इसके लिए माओवादियों की सूची पंचायत भवन और सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाएगी राजधानी रायपुर में दो थानों के निरीक्षक सहित बारह पुलिसकर्भियों का तबादला किया गया है

राजनांदगांव जिले के भूरमुसी क्वारेंटाइन सेंटर में शराब पीकर हंगामा करने वाले पांच प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है इसी जिले में दो अलग अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई